गर्मियों के अवकाश के बाद उच्चतम न्यायालय खुलने पर दो जुलाई से नया रोस्टर लागू होगा कल जारी नए रोस्टर के अनुसार प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ सामाजिक न्याय चुनाव बंदी प्रत्यक्षीकरण और अदालत की अवमानना संबंधी याचिकाओं के अलावा सभी जनहित याचिकाओं की सुनवाई करेगी न्यायमूर्ति रंजन गोगोई श्रम कानून अप्रत्यक्ष करों पर्सनल लॉ और कंपनी कानून से संबंधित मामले देखेंगे एशियाई ढांचागत निवेश बैंक एआईआईबी की तीसरी वार्षिक बैठक आज से मुंबई में शुरू होगी दो दिनों की यह बैठक भारतीय वित्त मंत्रालय और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है आज निर्धारित कार्यक्रमों में गवर्नरों की संगोष्ठी शामिल है जिसमें सदस्य देशों के वित्त मंत्री भाग लेंगे बैंक के कार्पोरेट सचिव सर डेनिंग एलेक्जेंडर ने बताया कि भारत एशियाई ढांचागत निवेश बैंक का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सेदार है प्रधानमंत्री कल बैठक को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज से चार दिन के दौरे पर ड्रंगरपुर पहुंचेगी वे डूंगरपुर शहर में महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करेंगी उसके पश्चात मुख्यमंत्री डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र के पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों से जनसंवाद करेंगी इस चार दिवसीय यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री सरकार की विभिन्न योजनाओं का अवलोकन और समीक्षा करेगी

प्रदर्शनी में राजस्थान की डिजिटल प्रस्तुतियों को देखने और विभाग द्वारा अपनाये जा रहे नवाचारों पर आधारित साहित्य लेने वाले समूहों में उत्सुकता दिखाई दी संभागीयों ने प्रदेश में आयोजित किये जा रहे डिजि फेस्ट कार्यक्रमों की सफलता में भी रूचि दिखाई प्रदर्शनी के प्रभारी ने बताया कि आगामी जुलाई में बीकानेर शहर में भी डिजि फेस्ट का आयोजन किया जायेगा इसके लिये पंजीकरण करवाया जा रहा है इस कार्यक्रम में केन्द्रीय स्पात मंत्री चौधरी वीरेन्द्र सिंह के मुख्य आतिथ्य थे समिट में राजस्थान की विभिन्न योजनाओं और कार्यो की विशेष रूप से चर्चा हई और उनसे अर्जित उपलब्धियों की सराहना की गई आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है कलक्टर सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में कल शाम अधिकारियों की एक बैठक हुई इस बैठक में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान केन्द्रों की जांच के संबंध में की गई कार्रवाई को भी जायजा लिया गया जिला कलक्टर सिद्धार्थ महाजन ने कहा कि उपखण्ड अधिकारी तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की टीम बनाकर सभी विधानसभा क्षेत्रों में पोलिंग बृथ्स पर पानी व बिजली की उपलब्धता सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की जायेगी उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह से वे स्वयं त्वरित रूप से मतदान केन्द्रों का निरीक्षण करेंगे प्रदेश में दो जुलाई से शुरू होने वाली अन्नपूर्णा दूध योजना की तैयारियों को लेकर जिला कलक्टर ने कल शाम उपखण्ड अधिकारियों की एक बैठक ली उन्होंने अन्नपूर्णा द्रध योजना के कियान्वयन के लिये आवश्यक व्यवस्थायें समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी ब्लॉक व तहसील स्तर पर योजना की मोनिटरिंग करेंगे अलवर जिले के टपूकड़ा थाना पुलिस ने लूट और डकैती की योजना बनाते चार बदमाशों को कल हथियारों सहित गिरफ्तार किया पूलिस सूत्रों के अनुसार इन बदमाशों की गिरफ्तारी से लूट और डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हआ है आरोपियों ने प्रछताछ में अब तक नौ वारदातों को अंजाम देना कब्रला हैं कोटा जिले के कैथून के पास कल विदेशी हथियार लेकर वारदात की फिराक में घूम रहे एक बदमाश को गिरफ्तार किया है

इस पर कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज है फिलहाल कैथ्रन थाना पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है पूछताछ में और भी खुलासे होने की उम्मीद है

इन सभी से साठ हजार रूपये की राशि भी बरामद की है इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से आगामी अठाईस जून को देश भर में दस हजार से अधिक बच्चे एक साथ स्केटिंग कर विश्व रिकॉर्ड बनायेंगे स्केटिंग कोच ने बताया कि स्केट्स इंडिया क्लब जयपुर और उदयपुर के एक कॉलेज द्वारा सभी जिलों में इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तैयारी की जा रही हैं उदयपुर से इस प्रतियोगिता में लगभग सौ बच्चे भाग लेगें उन्होंने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य एक और जहां विश्व रिकार्ड बनाना तो है ही साथ ही अधिक से अधिक बच्चों को स्केटिंग की ओर आकर्षित करना भी हैं